ं जयपुर शहर के जगतपुरा प्रतापनगर और महल रोड क्षेत्र कल बीसलपुर पेयजल परियोजना से जुडेंगे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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में ट्वीटर के माध्यम से जन आंदोलन का शुभारम्म किया आने वाले त्यौहारों और सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में लोगों से कोरोना संक्रमण से संघर्ष में एकजुट रहने की अपील की उन्होंने हमेशा मास्क लगाने हाथों की साफ सफाई रखने और दो गज की दूरी के नियम का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की उन्होंने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी है श्री मोदी ने कोरोना वायरस से बचाव संबंधी संदेशों के साथ तस्वीरें भी साझा की

प्रधानमंत्री के जन आंदोलन शुरू करने संबंधी ट्वीट के तुरंत बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर सहित कई मंत्रियों और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड़डा तथा पार्टी के अन्य नेताओं ने इस अभियान से जूडते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने उचित दूरी का पालन करने और बार बार हाथ घोने की अपील की श्री जावडेकर ने एक के बाद एक अलग अलग भाषाओं में ट्वीट कर लोगों से इस आंदोलन से जुडने और सुरक्षा के उपायों का पालन करने का आग्रह किया केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लडाई को जन आंदोलन का रूप देने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया डॉ हर्षवर्धन ने इस संबंध में सिलसिलेवार कई ट्वीट किये

आकाशवाणी जयपुर में भी सभी कार्मिकों को कोरोना जागरूकता संबंधी शपथ दिलाई गई कोरोना जागरूकता के लिए विभिन्न हस्तियां भी आगे आई है

प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं राजधानी जयपूर में जिला कलेक्टर ने वीडियो कन्फ्रेंन्सिंग के जरिये अधिकारियों की बैठक लेकर नो मास्क नो एन्ट्री अभियान को सही अर्थो में जन आंदोलन का रूप देने के निर्देश दिए उन्होंने आज ही राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवको को कोविड जागरूकता की शपथ दिलाई

श्रीगंगानगर और जालोर में नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों ने शहर में मास्क वितरण किया वहीं बूंदी में जिला कलक्टर ने आज कोरोना वॉरियर्स को शपथ दिलाकर जागरूकता अभियान की शुरूआत की दौसा में भी एनएसएस की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई सिरोही में बैंकों और विभिन्न विमागों के कार्मिकों को शपथ दिलाई गई बीकानेर में उचित मूल्य द्वकानों पर लगाये जाने वाले कोरोना जागरूकता संबंधी बैनर का विमोचन अतिरिक्त जिला कलक्टर ने किया करौली में जिला कलक्टर ने उचित मूल्य की दुकानों और बस स्टेण्ड पर संचालित इंदिरा रसोई पहुंचकर लोगों को मास्क वितरित किए

उच्चतम न्यायालय ने राज्य के जयपुर जोधपुर और कोटा शहरों के छह नगर निगमों में चुनाव टालने से इनकार कर दिया है न्यायालय ने आज राज्य सरकार की ओर से चुनाव टालने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए एक सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से यह भी कहा कि यदि चुनाव प्रक्रिया में अधिक समय लगता है तो वह हाईकोर्ट में याचिका दायर करें

गाजियाबाद के हिंडन में वायुसेना अड्डे में वायुसेना दिवस परेड और अलंकरण समारोह आयोजित किए गए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा है कि वायुसेना ने अपनी दृढ़ता और संचालन क्षमता तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी भी विपरीत स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने की प्रतिबद्धता दर्शायी है

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज बाडमेर जिले के जसोल पहुंचकर भाजपा के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह के निधन पर शोक जताया उन्होंने जसवंतसिंह के चित्र पर फूल चढाकर उन्हें श्रद्वाजंलि अर्पित की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने भी जसोल में जसंवत सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी आज जसोल पहुंचकर जसवंतसिंह को श्रृद्वाजलि दी केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सवाईमाघोपुर की ओर से आज नए कृषि कानूनों पर वेबीनार का आयोजन किया गया

बीसलपुर पेयजल परियोजना से जयपुर शहर के जगतपुरा प्रतापनगर और महल रोड के आसपास के क्षेत्र को जोड़ने की परियोजना का कल लोकार्पण किया जायेगा

वे इस अवसर पर ऑनलाईन पेयजल कनैक्शन के एप की भी लॉचिंग करेंगे

प्रदेश में आज विभिन्न जिलों में समाज कल्याण सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया